ये सभी जीएसटी परिषद के सदस्य हैं

केन्द्र सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के मद्देनजर राजस्व में एक लाख दस हजार करोड़ रुपये की अन्मानित भरपाई को प्रा करने के लिए पिछले वर्ष अक्तूबर में विशेष ऋण व्यवस्था शुरू की थी

एक नई उपलब्धि में भारत ने विश्व में पहला ऐसा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है जहां सबसे तेजी से चालीस लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा च्के हैं

देश में टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है

वहींकोरोना वैक्सीनेशन में मध्यप्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है इस उपलब्धि पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सभी हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद दिया है मंत्री सारंग ने आज एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि प्रदेश पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन में पहले स्थान पर है

केन्द्र सरकार द्वारा इन ग्रामों के विकास के लिये ऐसे काम लिये गये हैं जो किसी अन्य विभाग द्वारा नहीं किये जा रहे हैं या उनके पास नियमित बजट की कमी है

जिन गाँव में विकास योजना तैयार कर ली गयी है उनमें प्रम्ख रूप से आंतरिक सड़क निर्माण नाली निर्माण स्ट्रीट लाइट आँगनवाड़ी भवन शाला भवन पेयजल स्विधा जैसे बुनियादी कार्य प्राथमिकता के साथ किये जा रहे हैं

जन आन्दोलन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के क्लपति प्रो के जी स्रेश ने लोगों से कोराना संक्रमण के खिलाफ जारी गाइड लाइन का पालन करने की अपील की है

इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के मध्य करार किया गया है पहले चरण में प्रदेश के बैतूल सागर सिरोंज जबलपुर उज्जैन और भोपाल के आठ तकनीकी संस्थानों में सोलर पैनल लगाने के साथ ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा

अकादमी द्वारा प्रदेश के ख्यातिनाम कलाकारों के नाम से स्थापित रूपंकर एवं ललित कलाओं के दस पुरस्कारों के लिए भी कलाकृतियाँ आमंत्रित की गई हैं

प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे